सजा के बिन्द् पर सात मार्च को होगी सुनवाई

बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरु हो गया चार अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र में दोनों सदनों की कुल चौबीस बैठके होंगी विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सदस्यों को संबोधित करते हुए सत्ता और विपक्ष दोनों से सदन की कार्यवाही सूचारु रूप से चलाने में सहयोग की अपील की श्री चौधरी ने पटना में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए के भारत क्षेत्र के छठे सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई दी विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि इस आयोजन से बिहार की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छी छवि बनी है श्री चौधरी ने सदन को अररिया जिले के जोकीहाट निर्वाचन क्षेत्र से जदयू विधायक के इस्तीफे की भी जानकारी दी विधान परिषद की बैठक भी आज कार्यकारी सभापति हारूण रशीद के सम्बोधन के साथ शुरू हुई राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इसके बाद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया राज्यपाल के अभिभाषण के बाद उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने वित्त वर्ष दो हजार सत्रह अठारह का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया इसके बाद सदन में विधान सभा के दिवंगत सदस्यों और गणमान्य लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी बाद में सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी विपक्ष की ओर से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति धान खरीद और मुजफ्फरपुर हादसे में स्कूली छात्रों की मौत सहित कई मुद्दों को लेकर सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं सत्र के दौरान रणनीति को लेकर भाजपा जदयू और राजद के विधायक दल की आज पटना में बैठक हुई राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आज कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे सुशासन के कार्यक्रमों का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है श्री मलिक बजट सत्र के पहले दिन विधान मंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समावेशी विकास की नीति के साथ आधारभूत संरचना के विकास और आर्थिक प्रगति के लिए काम कर रही है राज्यपाल ने कहा कि कानून के राज को स्थापित किया गया है और पुलिस तंत्र को मजबूत किया गया है जिससे अपराधों में कमी आयी है

राज्यपाल ने कहा कि पूर्ण शराबबंदी तथा बाल विवाह और दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए राज्यव्यापी अभियान से महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराध में कमी आ रही है राज्य में चलाये जा रहे स्वच्छता अभियान का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि तेजी से गांवों को खुले में शौच के अभिशाप से मुक्त किया जा रहा है

विधान सभा में आज पेश किये गये वित्तीय वर्ष दो हजार सत्रह अठारह के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि पिछले वित्त वर्ष में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर दस दशमलव तीन प्रतिशत रही आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताओं के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री सह राज्य के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान राज्य में प्रति व्यक्ति आय में बत्तीस प्रतिशत से अधिक बढोतरी हुई है श्री मोदी ने कहा कि राज्य सरकार का विकास के कार्यों पर विशेष जोर है विकास कार्यों पर सरकारी खजाने से किये जाने वाले खर्च में उनासी प्रतिशत बढोतरी हुई है राज्य सरकार ने इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में पूर्ण शराबबंदी स्वयं सहायता समूह के गठन और नीम लेपित यूरिया के कारण समाज पर पडे सकारात्मक प्रभाव को भी शामिल किया है

केन्द्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही दो और बीपीओ सेन्टर खोले जायेंगे श्री प्रसाद आज पटना के बिहटा में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नवनिर्मित नाईलिट भवन के उदघाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस संस्थान के माध्यम से बिहार के छात्रों को अब आईटी के क्षेत्र में बेहतर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी श्री प्रसाद ने कहा कि नाईलिट में एक साथ दो हजार विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा समारोह को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार छात्रों को बेहतर आधारभूत संरचना और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है समारोह को उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और केन्द्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने भी संबोधित किया कंवल तन्ज को औरंगाबाद के जिलाधिकारी पद से हटा दिया गया है उनकी जगह राहुल रंजन महिवाल औरंगाबाद के नये जिलाधिकारी होंगे गौरतलब है कि भूमि अधिग्रहण से जूड़े एक मामले में सीबीआई ने कवल तनूज के कार्यालय और पटना स्थित आवास पर छापेमारी कर आपत्तिजनक सामान बरामद किया था दरभंगा के बहचर्चित दोहरे इंजीनियर हत्याकांड मामले में जिले की एक अदालत ने आज कुख्यात अपराधी संतोष झा और मुकेश पाठक सहित दस आरोपियों को दोषी करार दिया अपर सत्र न्यायाधीश रुपेश क्मार दूबे ने मामले की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए चार आरोपियों को बरी कर दिया अदालत ने इस मामले में विकास झा उर्फ कालिया निकेश दुबे अभिषेक झा मुन्नी देवी और संजय लाल देव को भी दोषी ठहराया सजा के बिन्दु पर अदालत सात मार्च को सुनवाई करेगी शिवहर की एक स्थानीय अदालत ने झूठी शान के लिए बेटी की हत्या के मामले में माता पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है मैट्रिक परीक्षा में सिलेबस से बाहर का प्रश्न पूछे जाने का आरोप लगाते हुए आज भी परीक्षार्थियों ने बक्सर रक्सौल और कटिहार में जमकर हंगामा और तोड़ फोड़ किया बक्सर में प्रदर्शनकारी छात्रों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया और स्टेशन प्रबंधक के कार्यालय को क्षतिग्रस्त कर दिया

वहीं पूर्वी चंपारण जिले में परीक्षार्थियों ने रक्सौल थाना पर हमला कर दिया इस घटना में पुलिस उपाधीक्षक और एक इंस्पेक्टर की गाडी क्षतिग्रस्त हो गयी प्रदर्शनकारियों ने थाने में कम्प्यूटर कुर्सियां क्षतिग्रस्त कर दी और कई कागजात फाड़ दिये कटिहार में भी परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया है निगरानी जांच ब्यूरो ने आज औरंगाबाद जिले के दाउदनगर के अंचलाधिकारी विनोद सिंह को दो लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है

सजा के बिन्दु पर सात मार्च को होगी सुनवाई